इस बार के बजट में दूर दराज के इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है वित्तमंत्री ने कहा कि आजिविका पर आधारित योजनाओं पर बल देने के लिए बजट में आवंटन किया गया है

श्री चाउना मैन ने पहली बार बाल बजट पेश करते हए उनके कल्याण के लिए बजट आवंटन किया है इस बार के बजट में कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्रों शिक्षा साईबर क्राईम से निपटने के लिए प्लिस मुख्यालय में सेल को मजबुत करने राजधानी ईटानगर जिला और अंचल म्ख्यालयों के अलावा गांवो को सड़कों से जोड़ने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है वित्तमंत्री ने साहसिक खेलों के विकास के लिए भी राज्य सरकार के प्रतिबद्धता के अन्रुप बजटीय आवंटन किया है राज्य विधानसभा में आज कई सदस्यों ने गैर अरुणाचली के साथ राज्य की महिलाओं की शादी के बाद उनके बच्चों को ए पी एस टी सर्टिफिकेट जारी किए जाने पर चिंता जताई है इस म्द्दे पर संक्षिप्त चर्चा में हिस्सा लेते हुए राज्य सरकार से इस मामले में जल्द प्रदेश के सभी सामाजिक संगठनों के साथ विचार विमर्श कर ठोस कदम उठाने की मांग की है विधायक न्यामार कारबाक ने कहा कि किसी भी देश या राज्य में विवाह करना व्यक्ति का अधिकार है लेकिन अरुणाचल प्रदेश के मुल निवासियों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी नीति जरुरी है राज्य के समाज कल्याण मंत्री आलो लिबांग ने कहा कि सरकार सभी सदस्यों के सुझावों को ध्यान में रखते हए आवश्यक कदम उठायेगी कांग्रेस विधायक निनोंग इरिंग ने विधानसभा में राज्य की नदियों को जोड़कर सिचाई सहित विकास की अन्य जरुरतों को पूरा करने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश की नदियों को जोड़कर पेयजल विद्युत उत्पादन खेतों तक पानी पहंचाने सहित कई महत्वकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने की योजना चला रही है श्री निनोंग इरिंग ने राज्य सरकार से प्रदेश में इस तरह की परियोजना के बारे में स्पष्टीकरण देने का अन्रोध किया राज्य के ग़हमंत्री बामंग फेलिक्स ने कहा कि प्रदेश में नदियों को जोड़ने की कोई योजना नहीं चल रही है

ईटानगर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री खाण्डू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के क्शल प्रशासकों की भर्ती के उद्देश्य से कर्मचारी चयन बोर्ड को स्थापित किया गया है अरुणाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में कथित रुप से गड़बड़ियों के मुद्दे पर म्ख्यमंत्री ने कहा कि इसकी जांच के लिए दो वरिष्ठ अधिकारियों की एक जांच समिति का गठन किया गया है उन्होंने कहा कि बोर्ड के पूर्व सचिव को निलंबित किया गया है

प्रदेश के पच्चीस जिलों के य्वा बड़ी संख्या में इस अवसर का लाभ उठाते हए भर्ती रैली में भाग ले रहे है

इसका उद्घाटन करते हए राज्य के कला और संस्कृति मंत्री ताबा तेदिर ने कहा कि स्थानीय कलाकारों को एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म म्हैया कराने में एन एस डी का महत्वपूर्ण योगदान है उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में एन एस डी की इकाई के स्थापना में सहयोग का भरोसा दिलाया